विघान परिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक क्षेत्र की ग्यारह सीटों के लिये नाम वापसी के बाद एक सौ निनयांनवे उम्मीदवार मैदान में पहली दिसम्बर को डाले जायेंगे वोट पारम्परिक उल्लास के साथ चार दिवसीय छठ पूजा समारोह शुरू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत सहायक अध्यापकों की भर्ती पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालय ने प्रदेश सरकार के निर्णय पर अपनी मोहर लगाई है मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे शिक्षामित्र जिन्हें मौका नहीं मिला है उनको राज्य सरकार द्वारा एक और अवसर दिया जायेगा न्यायालय के आदेश के क्रम में उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर शीघ्र ही सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करे गौस्तलब है कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में उन्हत्तर हजार सहायक शिक्षक भर्ती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया शीर्ष न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षामित्रों की अपील को खारिज कर दिया है सर्वोच्च आदालत ने सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हए बढ़े हए कटऑफ को अनुमति दे दी है सप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के इस वक्तव्य को रिकॉर्ड पर लिया कि नये कटऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षामित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा इस फैसले से अब अम्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है इनमें से इकतीस हजार दो सौ सतहत्तर पदों पर अम्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है अब शेष पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी यूपी में सहायक शिक्षक उन्हत्तर हजार भर्ती मामले में सर्वोच्च आदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था कल न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए सरकार के साठ और पैंसठ प्रतिशत कटऑफ को सही ठहराया और शिक्षामित्रों की याचिका को खारिज दिया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू जैसे शिक्षा संस्थानों को छात्रों के लिए बेहतर समन्वय विकसित करने और नई नई पहलों को बढ़ावा देने के काम में सबसे आगे रहना चाहिए वीडियो संदेश के माध्यम से जे एन यू के वार्षिक दीक्षांत समारोह में श्री कोविंद ने कहा कि देश के हर हिस्से और समाज के हर तबके से छात्र जे एन यू में उत्कृष्टता के लिए बराबरी के अवसर वाले माहौल में पढ़ने आते हैं राष्ट्रपति ने शिक्षा के वैमवशाली भारतीय अतीत और अनुसंधान का उल्लेख किया और कहा कि आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम तक्षशिला नालंदा विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों से प्रेरणा ले सकते हैं जहां अनुसंधान और शिक्षा के बडे ऊंचे मानदंडरखे गए थे राष्ट्रपति ने कहा कि इन शिक्षा केन्द्रों में विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के लिए विश्वभर से छात्र और शोधार्थी आते थे उन्होंने भारत केविद्वानों से आग्रह किया कि वे ज्ञान का ऐसा मौलिक संस्थान तैयार करें जो आज की वैश्विक समस्याओं का निदान कर सकें इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियालनिशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने में किसी भी विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि संविधान ने हमें एक सूत्र में बांध रखा है और यह हमारी परम्परा तथा सांस्कृतिक विरासत है उन्होंने कहा कि हमारा संविधान लोगों के लिए और लोगों द्वारा तैयार किया हुआ है जिसमें भारत के समस्त लोग शामिल हैं संविधान दिवस के उपलक्ष में युवा क्लब गतिविधियों का उद्घाटन करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आगामी छब्बीस नवम्बर को छठां संविधान दिवस मनाया जायेगा उन्होंने कहा कि इस दिवस का मनाया जाना संविधान के प्रति विश्वास और एकजुटता व्यक्त करना है उन्होंने बताया कि दो हजार पन्द्रह में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक सौ पच्चीसवीं जयन्ती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संविधान दिवस मनाना शुरू किया गया था

उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्ग दर्शन में प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई की स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व में सर्वोच्च संस्था द्वारा प्रशंसा किया जाना यह सिद्द करता है कि कोरोना से लड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने सही रणनीति लागू की है

उन्होंने कहा कि कान्टेक्ट ट्रैसिंग और सर्विलांस व्यवस्था को पहले की तरह सक्रिय रखा जाये जब तक कोरोना की कोई दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक सतर्कता ही बचाव है

नामांकन वापसी के अंतिम दिन ग्यारह उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस ले लिये इन निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा तीस उम्मीदवार मेरठ खंड स्नातक सीट पर है और सबसे कम ग्यारह उम्मीदवार लखनऊ खंड शिक्षक सीट पर है ग्यारह सीटों में से पांच खंड स्नातक और छह सीटे खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की है

वोटों की गिनती तीन दिसम्बर को की जायेगी रेहडी पटरी वालों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आत्मनिर्मर निधि योजना के अन्तर्गत पच्चीस लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं इनमें से पांच लाख पैंतीस हजार लोगों को ऋण प्रदान किए जा चुके हैं आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश से साढे छह लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं इनमें से एक लाख सत्तासी हजार आवेदनों पर ऋण वितरित किए गए हैं यह योजना उन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करती है जो कोविड लॉक डाउन के कारण अपने मूल स्थानों के लिए रवाना हो गए थे इस योजना के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल भी बनाया गया है

यह पर्व शनिवार सवेरे उदय होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न होगा छठ पर्व सूर्य की उपासना का त्योहार है स्नान करने के बाद श्रद्वालु नहाय खाए की रस्म के तहत अरवा चावल चना दाल और लौकी जैसे पके हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं आज खरना मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की बधाई दी है उन्होंने लोगों से घर में ही छठ पर्व मनाने की अपील की है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि छठ पूजा प्रकृति के प्रति वंदनी भाव और आत्था का पर्व है उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस कमजोर जरूर हुआ है लेकिन यह भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है ऐसे में बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है इसलिए पूर्व में मनाए गए त्योहारों की तरह ही छठ को ही घर पर ही रहकर मनाने का प्रयास किया जाए लोगों ने नदियों और तालाबों के किनारे छठ पूजा के लिए विसेष वेषियां भी बनाई जिन पर छठ महापर्व के दिन पूजा की जाएगी सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणीसमाचार लखनऊ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने सिंचाई विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को बांदा और चित्रकूट जिलों तथा आस पास के क्षेत्रों में बच्चों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया है आरोपी चित्रकूट जिले का रहने वाला है राज्य सरकार ने उसे तत्काल निलंबित कर दिया है सीबीआई ने बताया कि आरोपी तथा क्छ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है आरोप है कि इन लोगों ने बच्चों के साथ दृष्कर्म की हरकतों को रिकॉर्ड किया है आरोपी इन्टरनेट के जरिए रिकॉर्डड सामग्री को साझा किया करता था आरोपी के घर पर तलाशी में आठ लाख रुपये नकद कई मोबाइल फोन लैपटॉप वेब कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण बरामद किये गए हैं पत्र सुचना कार्यालय पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि लद्दाख में भारत चीन सीमा गतिरोध के बारे में हाल में प्रकाशित मीडिया की कृछ खबरें फर्जी हैं ब्यूरो ने कहा है कि कुछ अंतराष्ट्रीय समाचार पोर्टल्स ने भ्रामक समाचार प्रकाशित किए हैं और लद्दाख में भारत चीन सीमा गतिरोध से संबंधित आयारहीन दावे किए हैं